भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला किकेट टीमों के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज

आज से होने वाली दो दिन की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग दोनों देश के प्राचीन सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के प्रयास करेंगे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विशेष विमान से चेन्नई पहुंचेंगे जहां से वे हैलीकॉप्टर के जरिए महाबलीपुरम जाएंगे

चीन के राष्ट्रपति आज दोपहर बाद चेन्नई पहुंचेंगे दोनों नेता विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखने जाएंगे वे कल बिना किसी सहायक के परस्पर बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद शिष्टमंडल स्तर की संक्षिप्त वार्ता होगी

कल भोपाल स्थित मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जन अधिकार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आगामी रबी फसल के लिए खाद और बीज का आकलन करके पूरी तैयारी करने के निर्देश भी कलेक्टर्स को दिए श्री नाथ ने कहा है कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की राज्य स्तर पर निगरानी हो इसमें समाधान किए जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा भी की जाए जिससे यह पता चल सके कि जनता को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो ताकि उन्हें भटकना नहीं पड़े इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि वे गाँव में जाकर पटवारियों के काम की समीक्षा करें मुख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इंदौर में आयोजित किये जा रहे मैग्नीफिसेंट एमपी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि समारोह में प्रदेश में निवेश सहित अन्य क्षेत्रों में हुए विकास को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए श्री नाथ ने कहा कि आयोजन के जरिए निवेशकों का प्रदेश के प्रति विश्वास बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है मुख्यमंत्री ने कहा कि नए निवेश के साथ प्रदेश की प्रगति हो और हमारे युवाओं को रोजगार मिले इस दृष्टि से मैग्नीफिसेंट एमपी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास कागजी न रहे बल्कि वास्तविक निवेश लाने के लिए बेहतर तैयारियाँ की जाएँ मुख्यमंत्री ने मैग्निफिसेंट एमपी की तैयारियों की अब तक हुई प्रगति और इसमें शामिल होने वाले निवेशकों की जानकारी ली सिंगल यूज प्लास्टिक राज्य शासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं

श्री दुबे ने कहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट के विरूद्ध जन जागरूकता के माध्यम से इसके उपयोग को कम करना ही अभियान का मुख्य उद्देश्य है

जिसमें हम गांधीजी के प्रदेश प्रवास के संस्मरण और कई जानी अनजानी बातें साझा करेंगे

अब आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाएंगे श्री अकील ने आवेदकों की सुविधा के लिये प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर हज कमेटी के माध्यम से सहायता केन्द्र खोलने के निर्देश दिये हैं हज हाउस में आवेदकों की सहायता के लिये संभागवार काउंटर बनाये गये हैं

भाजपा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल को दो नगर निगम में विभाजित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह की अध्यक्षता में कल हुई पार्टी नेताओं की बैठक में यह तय किया गया कि शहर के बंटवारे को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा पार्टी इस प्रस्ताव के विरोध में जनजागरण अभियान चलायेगी वहीं नगरीय निकाय चुनाव संबंधी नियमों में किए गए संशोधन के खिलाफ भी पार्टी पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलायेगी

महिला किकेट भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच तीन एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज वडोदरा में खेला जाएगा मैच सुबह नौ बजे शुरू होगा भारत ने इसी मैदान पर पहला मैच आठ विकेट से जीता था

टेस्ट क्रिकेट में यह उनका लगातार दूसरा शतक था

इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध फिल्म निदेशक प्रियदर्शन को यह सम्मान दिया जायेगा वहीं वाहिदा रहमान को ये सम्मान मुंबई में दिया जाएगा